प्रधानमंत्री ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत पचास करोड़ भारतीयों पर इस कार्यक्रम का सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा तथा गरीबों को अब बीमारी के संकट से जुझना नहीं पड़ेगा

मुख्यमंत्री ने इन्दौरा में मिनी सचिवालय और लोक निर्माण विभाग का मण्डल खोलने का भी एलान किया जयराम ठाकुर ने पुलिस पोस्ट डमटाल को पुलिस स्टेशन में स्तरोन्नत करने तथा इन्दौरा में पांच टयूबवैल लगाने की भी घोषणा की

ऐटहोम स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने शिमला स्थित राजभवन में कल शाम ऐट होम का आयोजन किया मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर लेडी गर्वनर दर्शना देवी मुख्यमंत्री की पत्नी डॉक्टर साधना ठाकुर के अलावा प्रदेश उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कांग्रेस विधायक दल के नेता मुकेश अग्निहोत्री विधायकगण भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती मुख्य सचिव विनीत चौधरी पुलिस महानिदेशक एसआरमरढ़ी और वरिष्ठ सैन्य अधिकारी व स्वतंत्रता सेनानियों समेत अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की हालत चिंताजनक बनी हुई है और वह अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान एम्स में उपचाराधीन हैं वाजपेयी को जीवनरक्षक प्रणाली पर रखा गया है उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एम्स जाकर पूर्व प्रधानमंत्री के स्वास्थ्य की जानकारी ली

जाम सोलन जिले में शिमला परवाणू फोरलेन पर लगने वाले ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने के लिए ज़िला प्रशासन ने लोगों से वैकल्पिक मार्गों पर जाने की सलाह दी है ये वैकल्पिक मार्ग चक्की मोड़ कुमारहट्टी वाया भोजनगर और परवाणु कुमारहट्टी वाया कामली भोजनगर है मौसम राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज बादल छाए हुए हैं बीते कल धूप खिले रहने से तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है राज्य में बीते दिनों हुई व्यापक बारिश के कारण जगह जगह हुए भूस्खलन से कई सड़के अमी भी अवरूद्व हैं जिन्हें खोलने के लिए युद्वस्तर पर कार्य चल रहा है

इसी तरह कोटखाई के पास पट्टी डांक में भूस्खलन से रोहडू शिमला सड़क बंद है और वाहनों की आवाजाही नारकंडा से की जा रही है वहीं सिरमौर जिले के नैनाटिक्कर में भूस्खलन के कारण नाहन शिमला सड़क फिर अवरूद्व हो गई है उधर विद्युत बोर्ड के एक प्रवक्ता ने बताया कि मनाली में बिजली की तारों पर पेड़ गिरने से ठप्प पड़ी विद्युत आपूर्ति कल देर शाम बहाल कर दी गई है